वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने की जरूरत है ताकि सुरक्षा पर होने वाला खर्च गरीबों के काम आ सके श्री मोदी ने आज दरभंगा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा देश के सामने दो मुख्य मुद्दे हैं उन्होंने उपस्थित जनसमूह को विश्वास दिलाया कि देश में आतंकवाद के कारखाने पूरी तरह से नष्ट कर दिये जायेंगे प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष देश की भावना को नहीं समझ पाया है बाईट जो पहले पाकिस्तान की पैरोकारी कर रहे थे वो आज मोदी और अब ईवीएम को गाली देने में जुड़ गए हैं जमीन से कटे हुए ये लोग जनता की नब्ज नहीं समझ पाए इसलिए जनता ने तीन चरणों में इन लोगों को थोड़ा ठीक से समझा दिया है प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि जो पार्टियां सिर्फ कुछ सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं उनके नेता प्रधानमंत्री बनने की लाइन में लगे हैं उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने दो हजार चार और दो हजार नौ के च्रनाव में लोगों से जो वादे किये थे उसे प्रा नहीं किया प्रधानमंत्री ने कहा कि दो हजार चौदह में सत्ता में आने के बाद उन्होंने अठारह हजार गांवों में बिजली पहुंचाने का वादा किया था इसे एक हजार दिन से पहले ही पूरा कर लिया गया लोकसभा चुनाव के चौथे चरण को लेकर विभिन्न स्टार प्रचारकों और नेताओं का चुनाव प्रचार अभियान चरम पर है जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उजियारपूर संसदीय क्षेत्र के मोरवा में एनडीए प्रत्याशी नित्यानंद राय के पक्ष में चूनावी सभा को संबोधित करते हुये कहा कि केन्द्र में एक बार फिर एनडीए की सरकार बननी चाहिए वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने बेगूसराय में भाजपा प्रत्याशी गिरिराज सिंह के पक्ष में रोड शो किया राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने महागठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में मुंगेर और बेगूसराय में कई चुनावी सभाओं को संबोधित किया वहीं बेगूसराय में सीपीआई प्रत्याशी कन्हैया कुमार के समर्थन में जानीमानी अभिनेत्री शबाना आजमी ने लोगों से वोट देने की अपील की लोजपा प्रमूख रामविलास पासवान ने समस्तीपुर और बेगूसराय में एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार किया राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव आज मुंगेर में महागठबंधन प्रत्याशी के चुनाव प्रचार के दौरान सभास्थल पर मंच टूटने से घायल हो गये हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री यादव महागठबंधन प्रत्याशी नीलम देवी के चूनाव प्रचार में सदर प्रखंड में चरवाहा विद्यालय स्थित सभास्थल पर पहुंचे थे संबोधन के बाद मंच पर क्षमता से अधिक लोग पहुंच गये भार अधिक होने के कारण मंच टूट गया इस घटना में कई अन्य लोगों को भी चोट आयी है बाद में प्राथमिक उपचार के बाद श्री यादव रैली स्थल से रवाना हो गये मुजफ्फरपूर के जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने वैशाली से लोजपा प्रत्याशी वीणा देवी के नामांकन को वैध करार दिया है कल इस पर फैसला सुरक्षित रखा गया था इधर राजद उम्मीदवार रघ्रवंश प्रसाद सिंह ने कहा है कि वे इस फैसले के खिलाफ अदालत में याचिका दायर करेंगे वीणा देवी पर अपने नामांकन पत्र में एससी एसटी एक्ट का मुकदमा छुपाने का आरोप है इधर वीणा देवी के समर्थकों द्वारा निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय के बाहर हंगामा और नारेबाजी के मामले में पचास अज्ञात लोगों समर्थकों पर मामला दर्ज किया गया है वहीं राजद नेता रघुवंश प्रसाद सिंह पर भी वीणा देवी के खिलाफ प्रदर्शन के मामले में वैशाली नगर थाने में मामला दर्ज कराया गया है लोकसभा चुनाव के छठे चरण में बारह मई को आठ संसदीय क्षेत्रों में होने वाले च्रनाव के लिए सैंतालीस प्रत्याशियों के नामांकन पत्र रद्द कर दिये गये हैं इस चरण में दाखिल किये गये कुल एक सौ उनासी नामांकन पत्रों की जांच में एक सौ बत्तीस वैध पाये गये हैं सबसे अधिक चौदह नामांकन वैशाली संसदीय क्षेत्र में रद्द किये गये वहीं पश्चिम चम्पारण और शिवहर से आठ आठ नामांकन पत्र रद्द हो गये जांच के बाद पूर्वी चम्पारण में पच्चीस वैशाली में बाईस और सीवान में बीस प्रत्याशियों के पर्चे सही पाये गये हैं कल प्रत्याशियों द्वारा नाम वापस लेने के अंतिम तारीख है लोकसभा चुनाव के सातवें चरण के तहत प्रदेश की आठ सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए प्रत्याशियों द्वारा नामांकन पत्र दाखिल करने का कार्य तेज हो गया है आज पाटलिपूत्र और पटना साहिब संसदीय सीट से कई उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पर्चा भरा एनडीए के उम्मीदवार और केन्द्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने भाजपा से अपना नामांकन पत्र भरा जबकि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी प्रमुख उपेन्द्र कुशवाहा ने काराकाट संसदीय क्षेत्र से अपना नमाांकन दाखिल किया इधर राजद प्रमुख लालू प्रसाद की पुत्री और पाटलिपुत्र से महागठबंधन की उम्मीदवार मीसा भारती ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया इस दौरान राजद नेता तेजप्रताप यादव भी मौजूद थे इधर भाकपा माले के प्रत्याशी राजू यादव ने भी आरा संसदीय क्षेत्र से नामांकन पर्चा भरा इस दौरान वाम दलों के कई नेता मौजूद थे चुनाव आयोग के निर्देश पर गृह विभाग ने बाढ़ की सहायक पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह का स्थानांतरण कर दिया है उनके स्थान पर बिहार पुलिस सेवा के उपाधीक्षक आरके झा की पदस्थापना की गयी है चौथे चरण में प्रदेश की उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होना है यहां मुख्य मुकाबला रालोसपा प्रमुख उपेन्द्र कुशवाहा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय के बची है पेश है एक रिपोर्ट बाईट उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र इस बार बिहार के दो राजनीतिक दिग्गजों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेगा इस सीट से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय जहां एनडीए की ओर से चुनावी मैदान में हैं वहीं महागठबंघन की ओर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा की किस्मत दांव पर है इन दोनों के बीच सीपीआई एम के अजय कुमार मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं बेरोजगारी पलायन शिक्षा की बदहाल स्थिति के साथ साथ बंद पड़े जूट और चीनी मिलों को फिर से चालू करना इस बार के प्रमुख चुनावी मुद्दे हैं उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में पन्द्रह लाख अठासी हजार से अधिक मतदाता हैं जो सोलह सौ मतदान केन्द्रों पर अठारह उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे आकाशवाणी समाचार के लिए मौसम विभाग ने अगले तीन से चार घंटों के दौरान सीतामढ़ी शिवहर समस्तीपुर तथा मुजफ्फरपुर जिले में गरज के साथ तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है इस दौरान कुछ स्थानों पर बिजली गिरने की भी आशंका है बिहार के पड़ोसी राज्यों के ऊपर बने चक्रवाती दवाब के कारण बारिश होने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलने की सम्भावना है इधर प्रदेश में कई स्थानों पर अधिकतम तापमान चालीस डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है गया आज प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा जहां का अधिकतम तापमान इकतालीस दशमलव तीन डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया वहीं पटना का अधिकतम तापमान चालीस दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस रहा भीषण गर्मी के मददेनजर पटना जिले के सभी स्कूलों में वर्ग आठ तक की कक्षाओं के समय में बदलाव किया गया है पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने बताया कि सभी स्कूल प्रबंधन को निर्देश दिया गया है कि कल से कक्षाएं सुबह छह बजकर पैंतालीस मिनट से पूर्वाहन ग्यारह बजकर पैंतालीस मिनट तक ही संचालित की जाये पटना हाईकोर्ट ने प्रदेश की सभी निचली अदालतों के प्रातकालीन चलने वाले न्यायिक कार्य के समय में बदलाव किया है हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब जिलों की निचली अदालतों में न्यायिक कार्य सुबह सात बजे से लेकर दोपहर एक बजे तक चलेंगे भागलपुर जिले में अपराधियों और शराब तस्करों के विरूद्व चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत पिछले चौबीस घंटे के दौरान पुलिस ने इक्यानवे अपराधियों को गिरफ्तार किया है इस दौरान विभिन्न थानों में लंबित गैर जमानतीय वारंट के साठ मामले निपटाये गये हैं साथ ही कुर्की जब्ती के पन्द्रह मामलों का निष्पादन किया गया है शेखपुरा जिले के बरबीघा थाना क्षेत्र अंतर्गत रामपुर सिन्डाय गांव में उत्पाद विभाग की टीम ने छापामारी कर एक घर से पैंतालीस लीटर शराब जब्त की है नालंदा जिले के नूरसराय थाना क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पास ट्रक की चपेट में आने से दारोगा की मौत हो गयी सूत्रों ने बताया कि मृतक दारोगा लखीसराय जिले के नंदगांव निवासी थे